जनता कांग्रेस छत्तीसगढ जे के प्रमुख अजीत जोगी ने पार्टी की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित चार पूर्व विधायक सहित छह विधानसभा प्रत्याशियों को पार्टी से किया निलंबित आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई जा रही है राज्य में शुरू हुआ स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान बजट सत्र संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र की शुरुआत में संसद के सैंट्रल हाल में कल सुबह ग्यारह बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे अंतरिम बजट एक फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा बजट सत्र तेरह फरवरी तक चलेगा

इन संशोधनों के अंतर्गत अग्रिम जमानत ने दिए जाने की व्यवस्था फिर कायम की गई है शीर्ष न्यायालय ने आज कहा कि केन्द्र की समीक्षा याचिका सहित सभी मामलों पर उन्नीस फरवरी को सुनवाई की जाएगी न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कानून में बदलावों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से उपस्थित होते हुए मांग की थी कि संशोधनों पर तत्काल रोक लगाई जाए लेकिन पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया नजूल भूमि नियमितीकरण राज्य सरकार ने रियायती दर पर आवंटित नजूल भूमि के व्यपवर्तन के नियमितीकरण और नवीनीकरण के लिए समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी है राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में संभागायुक्त और कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं उल्लेखनीय है कि सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक तथा चिकित्सा आदि प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर शासकीय भूमि आवंटित करने का प्रावधान है इसके तहत ये संस्थाएं समय समय पर नजूल भूमि के व्यवसायिक उपयोग के लिए नियमितीकरण और नवीनीकरण किए जाने के लिए आवेदन करती हैं वर्तमान में प्रदेश में ऐसी कुछ संस्थाओं का नियमितीकरण तथा नवीनीकरण होना शेष है सीआईआई कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लोहा और कोयला के अलावा अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है कल रायपुर में कफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित उद्योग शुरू करने पर सरकार विशेष रूप से फोकस करेगी मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में केला मक्का टमाटर चना की पैदावार अधिक है लेकिन अभी तक सिर्फ धान पर ध्यान देकर उद्योगों की स्थापना की गई है आने वाले दिनों में अन्य फसलों से संबंधित उद्योगों का भी विकास किया जाएगा इस अवसर पर उद्योगपतियों ने विभिन्न उद्योगों से संबंधित सुझाव तथा समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और नई उद्योग नीति बनाने की मांग की मुख्यमंत्री ने उद्योग नीति को लिए हाई पावर कमेटी का गठन करने और अधिकारियों और उद्योगपतियों की बैठक करने के निर्देश दिए डीजीपी बैठक पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सूचना आधारित ऑपरेशन जारी रखने के निर्देश दिए हैं कल रायपुर में प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों के पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी परिस्थिति में आम नागरिकों के मानवाधिकार का हनन ना हो प्रलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षकों को आम नागरिकों के बीच जाकर जनकल्याण के कार्यो में पुलिस की सहभागिता सुनिश्चित करने और पुलिस के प्रति आम नागरिकों के मन में विश्वास तथा सकारात्मकता विकसित करने की समझाईश दी उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव की विशेष तौर पर प्रशंसा की श्री पल्लव ने छब्बीस जनवरी को इन्द्रावती नदी पार कर अतिसंवेदनशील माओवाद क्षेत्र छिन्दनार में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन इस साल बाईस फरवरी को किया जाएगा इसे देखते हुए आयोग ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं साथ ही आयोग ने पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी है इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है आयोग ने इस दौरान अधिक से अधिक युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने का आग्रह किया है

श्री बघेल कल रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में क्षेत्रीय सरस मेले के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा गरुवा घुरवा और बाड़ी को बचाने के लिए महिला स्वसहायता समूहों की बहनों से सहयोग का आव्हान किया इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा महाराष्ट्र केरल आंध्रप्रदेश सहित देश के पन्द्रह राज्यों की महिला स्वसहायता समूहों द्वारा बनाए सामान और कलाकृतियों के स्टॉल लगाए गए हैं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और जिला पंचायत रायपुर द्वारा आयोजित यह मेला आगामी पांच फरवरी तक चलेगा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ जे के प्रमुख अजीत जोगी ने पार्टी की समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं रहने वाले चार पूर्व विधायक सहित छह विधानसभा प्रत्याशियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है इनमें सियाराम कौशिक चन्द्रभान बारमते चैतराम साहू डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन संतोष कौशिक और पंकज तिवारी शामिल हैं पार्टी ने इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उचित कारण बताने के लिए कहा है वहीं पार्टी ने केंद्रीय कोर कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें चौंतीस सदस्यों को जगह दी गई है भाजयुमो बैठक भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के सभी ग्यारह लोकसभा क्षेत्रों में विजय लक्ष्य दो हजार उन्नीस यात्रा निकालेगा यात्रा के प्रारूप को लेकर आज रायपुर में भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के अलावा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए

यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है वर्ष उन्नीस सौ अड़तालीस में आज ही के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सवेरे राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्दाजंलि अर्पित की वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पृण्यतिथि शहीद दिवस के रूप मनाई गई इस मौके पर राजभवन मंत्रालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुबह ग्यारह बजे दो मिनट का मौन रखा और राष्ट्रपिता और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहृति र्दने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि दी छत्तीसगढ़ में इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्य में आज से स्पर्श कृष्ठ जागरूकता अभियान की शुरूआत हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम आगामी तेरह फरवरी तक चलेगा इस दौरान शहर से लेकर गांव तक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों के बीच कृष्ठ से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा धान किस्म रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की तीन किस्मों को केन्द्रीय वैरायटी रिलीज समिति ने मान्यता दे दी है इन किस्मों को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित किया गया है ये किस्में अधिक उत्पादन देने के साथ ही पोषक मूल्य सहनशीलता और औषधीय गुणों से युक्त हैं इनमें ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्युटेन्ट वन छत्तीसगढ़ देवभोग छत्तीसगढ़ जिंक राइस टू शामिल हैं उद्योग ऑनलाईन व्यवस्था पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने उद्योगों पर निगरानी के लिए ऑनलाईन व्यवस्था को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं कल रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत प्रद्षण नियंत्रण के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा श्री अकबर ने कहा कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी पन्द्रह मार्च तक बड़े उद्योगों में जाकर वहां हुए वृक्षारोपण स्थिति की जांच करें उन्होंने कोरबा के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देश दिए कि वे चोटिया खदान में फ्लाई एश डालने के लिये बाल्को को सख्त निर्देश जारी करें महाविद्यालय हेल्प डेस्क उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा है कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र से हर महाविद्यालय में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा रायपुर में एक महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालयों की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहा है श्री पटेल ने कहा कि महाविद्यालय की ग्रेडिंग के लिए शासन मदद करेगा

कार्यशाला को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने कहा कि कांग्रेस के जनघोषणा पत्र के अनुसार फुलवारी केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा ताकि प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जा सकें संक्षिप्त समाचार जांजगीर में आज से तीन दिवसीय हसदेव महोत्सव शुरू हुआ